आज सवेरे एक वीडियों संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग सामाजिक दूरी बनाते हुए अपने घर में रहें और दिए जलाते समय समूह में एकत्र न हों श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण लागू किए गए मौजूदा देशव्यापी लॉकडाउन में लोगों ने अभूतपूर्व अन्शासन और सेवा की भावना का परिचय दिया है उन्होंने कहा कि देश को कोरोना वायरस से उपजे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के कारण लोग अपने घरों में हैं लेकिन वे अकेले नहीं हैं समूचे देश की सामूहिक शक्ति उनके साथ हैं

उन्होंने यह भी कहा कि जनता कर्फ्यू और घंटी बजाने से इस च्नौतिपूर्ण समय में देशवासियों को अपनी एकता का आभास हआ है

इस वीडियो कांफ्रेंस में जाने माने चालीस प्रमुख खिलाडियों ने हिस्सा लिया

इंदौर पहले ही राज्य में कोरोनोवायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित शहर है राज्य में अब तक आठ मरीजों की मौत हो च्की है इस बीच इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने हमारे संवाददाता को बताया है कि सोमवार से कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों को घर भेजा जाएगा

अशोकनगर से भी दिल्ली तब्लीगी जमात में शामिल एक शख्स के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं

जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विक्रम वर्मा ने बताया है कि इनमें से किसी में भी कोरोना वायरस पाए जाने की प्ष्टि नहीं हुई है

मुरैना में भी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है वहीं देवास जिले में पूर्ण कर्फ्य् जारी हैं प्रदेश में कॅरोना संक्रमण के एपिसेंटर बन च्के इंदौर के सबसे करीबी होने के कारण देवास जिले में विशेष सतर्कता बरती जा रही हैं प्रदेश के सभी जिलों में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है शहडोल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्लिस दवारा बेवजह घूम रहे लोगो के वाहन जप्त किए जा रहा है

शाजापूर में आज कलेक्टर डॉ वीरेंद्र सिंह रावत ने सभी समाज के प्रमुख धर्म गुरुओं की बैठक ली बैठक के दौरान लॉक डाउन का और बेहतर ांग से पालन कराने को लेकर धर्म ग्रुओं से सहयोग की अपील की मंडला में भी आयोजित धर्म गुरुओं की बैठक में कलेक्टर डॉ जगदीश चंद्र जटिया ने आहवान किया कि स्वास्थ्य एवं प्लिस टीम को सम्चित सहयोग प्रदान करते हुए लाकडाऊन का अक्षरश पालन किया जाए खण्डवा में धर्मग्रुओं की बैठक में समझाइश दी गयी कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में जिला प्रशासन के प्रयासों में सभी हरसम्भव सहयोग करें खरगौन में आज इस तरह की बैठक बुलाई गई जिसमें जिला कलेक्टर ने कहा कि कोरोना वायरस धर्म वर्ग या जाति नहीं देखता इसलिए सभी निर्देशों का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें पन्ना कलेक्टर कर्मवीर शर्मा और पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने जिले के कोरोना राहत शिविरों का सघन दौरा किया शिवप्री जिले में कलेक्टर अन्ग्रहा पी ने जिले में कोरोना वायरस संक्रमण को दृष्टिगत लॉकडाउन के दौरान कृषि क्षेत्र में उर्वरक बीज कीटनाशी के वितरण एवं परिवहन की व्यवस्था फसल कटायी उपकरणों के आवागमन एवं कृषि संबंधी कार्यो के लिए छूट देने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं नीमच के मनासा में लॉक डाउन के दौरान एनसीसी कैडेट्स भी ड्यूटी दे रहे हैं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हए मन्दसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने आम लोगों से घर में ही रहने की अपील करते हए कहा है कि अगर उनके घर के आस पास कोरोना वायरस से संबंधित बीमारी के लक्षण दिखाई दे या आस पड़ोस में बाहर से आया कोई संदिग्ध व्यक्ति है तो उन्हें या कलेक्टर को सूचित करें उमरिया में सिंधी समाज द्वारा शहर की आदिवासी गरीब और पिछड़ा बाह्ल्य बस्तियों में सब्जी वितरण की गई छतरपुर जिले में भी कोरोना से बचाव के लिए ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि घर घर जाकर मास्क बांटने का काम कर रहे हैं होशंगाबाद में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सभी अन्विभागों में लॉकडाउन के तहत प्रतिबंधात्मक आदेशों का प्रभावी पालन किया जा रहा है

चारों आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय स्रक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है प्लिस की टीम शहर के टाटपट्टी बाखल इलाके में हई इस घटना में लिप्त और लोगों की तलाश कर रही है गौरतलब है कि ब्धवार को इस इलाके में दो महिला डॉक्टरों पर उस समय पथराव किया गया जब स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की एक टीम वहां कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति के संपर्क में आये लोगों की स्वास्थ्य जांच करने वहां पहुंची थी

कोरोना संकट को देखते हुए फिलहाल ये रोक लगाई गई है

इस भत्ते का भुगतान इसी माह के वेतन से किया जाना था राशन कालाबाजारी म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना संकट की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की कल गहन समीक्षा करते हए निर्देश दिए कि प्रदेश में कहीं भी मास्क सैनिटाइजर और खाद्य सामग्री आदि की कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए यह संब निर्धारित दाम पर ही बेचा जाना चाहिए

जिससे दुकानदार अनुचित लाभ न उठा सकें श्री चौहान ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति कालाबाजारी करता है और निर्धारित दाम से अधिक दाम में इन्हें बेचता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी

आगे भी इनका आना जारी रहेगा

मध्यप्रदेश में बनी किट्स को डीआरडीओ ने भी एप्रूव कर दिया है टेलीमेडिसिन केंद्र प्रदेश में कोरोना वायरस के लक्षण महसूस करने वाले व्यक्तियों और होम क्योरेंटाइन में रह रहे व्यक्तियों को घरों पर ही उपचार उपलब्ध कराया जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की प्रम्ख सचिव पल्लवी जैन गोविल ने बताया है कि इसके लिये सभी जिलों में टेलीमेडिसिन केन्द्र श्रू किए गए हैं कोरोना संक्रमण के प्रभावित संभावित और होम क्योरेंटाइन में रह रहे व्यक्ति वीडियो कालिंग से चिकित्सकों से सीधे संवाद कर सकते हैं चिकित्सक वीडियो कालिंग की सहायता से व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हए मोबाइल पर मेडिसिन यूनिट दवारा संबंधित का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यकतान्सार उपचार और दवा उपलब्ध कराएंगे प्रम्ख सचिव ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए चिकित्सकीय परामर्श और उपचार का यह बेहतर विकल्प है लोगों को उचित चिकित्सकीय परामर्श और संक्रमण की रोकथाम के उपाय के संबंध में सीधे संवाद के लिए सभी जिलों के टेली मेडिसिन केन्द्रों में तीन शिफ्ट में क्शल चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे

दोनों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं मिले हैं

कोरोना वायरस के संक्रमण के विरूद्ध समाजजनों के पूर्ण सहयोग के लिए धार में आज धर्म ग्रुओं की बैठक आयोजित की गई